राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने घटना की निन्दा करते हए महिलाओं के प्रति अपराध के लिए दोषियों को कड़ी सजा देने कानून और पुलिस व्यवस्था में बदलाव की मांग की

उन्होंने कहा कि हैदराबाद की घटना एक कलंक है समाजवादी पार्टी की श्रीमती जया बच्चन ने उस क्षेत्र में तैनात सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जहां यह घटना हुई थी उन्होंने इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की भी मांग की लोकसभा में भी इस घटना की कड़ी निन्दा की गई सरकार ने सदन को आश्वस्त किया कि वह इस मामले पर चर्चा कराने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कानून में संशोधन करने को तैयार है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहस कराने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कानून बनाने को तैयार है उन्होंने कहा कि वे सदन की भावनाओं के साथ हैं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए

उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों और पीडिता के परिजनों से मुलाकात की है श्री रेड्डी ने राज्य सरकार से इस मामले में शीघ्रता से जांच करने को कहा है सघन टीकाकरण मिशन इन्द्रधनुष का दूसरा चरण आज से देशभर में शुरू हो गया केन्द्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्मवती महिलाओं को डिथिरिया काली खांसी टिटनेस पोलियो टीबी खसरा मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्तूबर दो हजार सत्रह में इस मिशन की शुरुआत की थी प्रदेश के पैंतीस जिलों में भी आज से सघन मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ इस अभियान का लक्ष्य प्रदेश के नबे प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण कराना है हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान चार चरणों में चलाया जा रहा है आज से पहले चरण की शुरूआत हो गयी टीकाकरण के अगले चरण में जनवरी फरवरी और मार्च माह में प्रदेश के तिहत्तर जनपदों के चार सौ पच्चीस ब्लॉकों को शामिल किया जाएगा प्रदेश के स्वास्थ मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि टीकाकरण अभियान के अंतर्गत छियासठ हजार सत्र आयोजित होंगे जिनमें साढ़े पांच लाख बच्चों और तकरीबन एक लाख तीस हजार गर्मवती महिलाओं को टीके लगाए जाएंगे मऊ में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री सुरेश पासी ने ख्वाजाजहांप्र गांव से टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधन्ष की शुरूआत की इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने को भी कहा

उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत जिले के नौ ब्लॉकों में पांच हजार तीन सौ साठ बच्चों और आठ सौ सैंतीस गर्मवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा आजमगढ़ में जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने मुबारकपुर पुरादीवान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से सघन मिशन इन्द्रधनुष की शुरूआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा को जन्मदिन की श्भकामनाएं दी हैं श्री नड्डा का आज उनसठवां जन्मदिन है प्रधानमंत्री ने अपने श्भकामना संदेश में श्री नड्डा को विनम्र कर्मठ एवं कर्तव्यनिष्ठ र्नता बताते हए उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्री नड्डा को जन्मदिन की श्भकामनाएं देते हए अपने ट्वीट संदेश में उनके स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन की कामना की है प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त सीट के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के अरूण सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया श्री सिंह के नामांकन के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ थे इस सीट पर किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार ने अभी तक अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है पांच दिसम्बर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है आवश्यकता पड़ने पर इस सीट पर मतदान बारह दिसम्बर को होगा यह सीट समाजवादी पार्टी की तंजीम फातिमा के रामपुर से विधानसभा में चुने जाने के बाद रिक्त हुई है प्रदेश सरकार ने मैनपुरी में जवाहर नवोदय विद्यालय की एक छात्रा की मैत की जांच में देरी होने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय का तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि ऐसे गम्मीर मामलों की जांच में यदि देरी या कोताही होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी